डॉ जड़िया के अन्सार सामने आ रहे नए मामले प्राने रोगियों के संपर्क में आये लोगों के ही हैं जिन्हें पहले से ही एहतियातन चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है लिहाजा अभी ये नहीं कहा जा सकता कि संक्रमण समाज के बीच फेल चुका है रतलाम और आगर मालवा जिलों में कोरोना के तीन तीन नए मामले सामने आये हैं रतलाम में संख्या बढ़कर अब पांच हो गयी है

टीकमगढ जिले के बल्देवगढ ब्लॉक के ग्राम लमेरा मे एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था इसके बाद प्रशासन ने इस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर कफ्य् लगा दिया है

सागर जिले में अनिवार्य और आवश्यक वस्त्ओं की कमी न हो इसके लिए आजीविका मिशन ने भी अपनी पहल जारी रखी है मास्क निर्माण पीपीई किट निर्माण बैंक सखी के माध्यम से जरूरतमंदों के खातों से राशि की निकासी के अलावा दीवार लेखन के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य हो अथवा द्ध जैसे आवश्यक उपभोक्ता पदार्थ की उपलब्धता का मामला हो मिशन बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है शिवपुरी जिले में नोवल कोरोना वायरस रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हए इसके प्रचार प्रसार बचाव व रोकथाम हेत् कलेक्टर अन्ग्रहा पी ने सामाजिक सहभागिता स्निश्चित करने के लिए संकट प्रबंधन समूह गठित किया है

किस केंद्र में किस दिन कितने किसानों से गेहं का उपार्जन किया जाएगा इसके पूर्व संबंधित किसानों के मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजे जाएंगे

सभी नागरिकों विशेष रूप से ऐसे ग्रामीण इलाकों जहां मेडिकल सेनिटाइजर उपलब्ध नहीं हैं वहां सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सु्निश्चित करने पर जोर दिया गया है